संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इन सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया

उन्होंने कहा कि इस घटना ने राज्यसभा की छवि धूमिल की है

कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समथेंन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद जारी रहेगी और किसान अपनी उपज बेच सकेंगे मंत्रालय ने कहा कि रबी मौसम की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी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

इसके लिए उन्हें अपने अभिभावकों से लिखित सहमति पत्र लेना होगा हालांकि कंटेंटमेंट जोन में रहने वाले छात्रों और अध्यापकों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी गई है फिलहाल नियमित कक्षाएं नहीं ललेंगी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने मास्क लगाने हाथ धोने सैनेटाइजर का उपयोग करने जैसे उपाय कड़ाई से लागू करने को कहा गया है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

ये एसी थ्री श्रेणी की रेलगाडियां होंगी और अपेक्षाकृत तेज गति से चलेंगी इनके ठहराव स्टेशन भी कम होंगे

पाली जिले के गुढ़ा एंदला क्षेत्र में कीरवा गांव के पास आज एक वाहन के असंतुलित होकर पलट जाने से वाहन में सवार चार लोगों की मृत्यु हो गई और दस अन्य घायल हो गए घायलों को जिले के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है

उदयपुर में कल अच्छी बारिश से जयसमंद बांध और स्वरूप सागर में पानी की आवक हुई